सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने आज मंडी में आयोजित ज़िला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक में ये बात कही

महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जनशिकायत निवारण समिति के माध्यम से ग्राम स्तर पर जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाता है उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों में तेजी लाने और इसके लिए आबंटित धनराशि का सदुपयोग करने का आग्रह किया इस बीच महेंद्र सिंह ठाकुर ने सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण केंद्र ढांगसीधार में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत विभिन्न परियोजनाओं की गाईड लाईन पर आधारित कार्यशाला का शुभारम्भ भी किया

इस दौरान आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री से विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की उन्होंने हिमाचल सरकार द्वारा प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य और इस दिशा में हुए विकास से विजय रूपाणी को अवगत करवाया राज्यपाल ने कहा कि ये कृषि पद्धति किसानों की आय को दोगुना करने और पर्यावरण मित्र होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने चिकित्सकों से आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने को कहा है आज शिमला में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से छूटे हुए लोगों को हिमकेयर योजना में शामिल किया जाएगा इस दौरान समिति द्वारा पिछले वर्ष किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया और अगले वित्त वर्ष के बजट को मंजूरी दी गई वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए कृतसंकल्प है वे आज उना जिले में बंगाणा नागरिक अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान प्रदेश में ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों के अनेक स्वास्थ्य संस्थानों का दर्जा बढ़ाया गया है और चिकित्सकों व पैरा मैडिकल स्टॉफ के खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन निर्वाचन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की और पुलों व सड़कों का निरिक्षण किया

विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विकास कार्यों को इस वर्ष पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए अग्निकांड चंबा ज़िले की सुंगल पंचायत में आज एक मकान में आग लगने से दो मासूम बच्चे जिंदा जल गए

ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया मगर वे सफल नहीं हो पाए इधर राजधानी शिमला के ढली थाना क्षेत्र के चलोंठी इलाके में आज तड़के एक दुकान में आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया मृतक की पहचान नेपाल निवासी मोहन सिंह के रूप में हुई है अग्निशमन कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया लेकिन तब तक मोहन सिंह की जलकर मौत हो चुकी थी पुलिस ने दोनों घटनाओं में मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है